उन्होंने कहा कि इसका श्रेय देश के उदयमियों नौजवानों किसानों और सभी आम भारतीयों को दिया जा सकता है अपने संबोधन में श्री मोदी ने कहा कि सरकार नीयत और नीति से किसानों का हित चाहती है उन्होंने कहा कि किसान समृद्ध होगा तो देश समुद्ध होगा श्री मोदी ने कहा कि कृषि क्षेत्र में सुधारों का सबसे ज्यादा फायदा किसानों को होने वाला है उन्होंने कहा कि अब किसानों को नए बाजार और नए विकल्प मिलेंगे कृषि क्षेत्र में ज्यादा निवेश होगा हमीदिया जांच म्ख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राजधानी भोपाल के शासकीय हमीदिया अस्पताल में कोरोना वार्ड बिजली ग्रल मामले में जांच के निर्देश दिए हैं श्री चौहान ने भोपाल संभाग आय्क्त कवींद्र कियावत को आज शाम तक जांच कर मामले की रिपोर्ट देने को कहा है म्ख्यमंत्री ने कहा है कि लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी गौरतलब है कि श्क्रवार शाम हमीदिया अस्पताल में बिजली ग्ल हो गई थी जिससे करीब डेढ़ घंटे कोरोना वार्डो की बिजली ठप रही और कोरोना वार्ड में भर्ती मरीजों की मशीनें बंद हो गई थीं

जन आंदोलन बड़वानी की म्ख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी अनीता सिंगारे ने प्रधानमंत्री के कोरोना के खिलाफ जन आंदोलन को अपना समर्थन दिया है

यह लोग अदालत उच्च न्यायालय से लेकर जिला एवं तहसील न्यायालयों में आयोजित की जा रही हैं इनमें आपसी स्लह मशविरे के आधार पर लम्बित प्रकरणों का निराकरण किया जा रहा है जबलप्र में आयोजित लोक अदालत में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और प्रत्यक्ष तौर पर दोनों तरीके से स्नवाई की जा रही है

नमस्कार